उन्होंने कहा कि नई नीति अनेक लोगों के पिछले चार पांच वर्षों के अथक परिश्रम का परिणाम है

नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बच्चों के लिए सीखने के आसान और अभिनव तरीके खोजे जाने चाहिए इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उदेश्य वैज्ञानिक सोच के साथ विद्यार्थियों का समग्र विकास करना है

उन्होंने कहा कि मानवीय दृष्टकोण के तहत सरकार इनके लिए मदद का रास्ता बना रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिक्षकों की हाईकोर्ट में पनर्विचार याचिका दाखिल नहीं हुई है ऐसे में सरकार इन्हेँ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने में मदद कर रही है जयराम ठाकर ने कहा कि एसएमसी शिक्षकों के मामले में कृछ कानूनी पेचीदगियां हैं जिन्हें ठीक करने में समय लगेगा इस सम्बंध में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रतिपूरक सवाल के माध्यम से मामला उठाया इससे पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर कांग्रेस सदस्य आशा कुमारी के मूल सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री गोबिंद ठाकुर ने कहा कि नई नीति को प्रदेश में चरणबद्व तरीके से लागू किया जाएगा

प्रश्नकाल दो वेंटिलेटर खरीद और इन्हें अस्पतालों में स्थापित करने को लेकर कांग्रेस के जगत सिंह नेगी के एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश में वेंटिलेटर की कमी के कारण एक भी कोरोना मरीज की अभी तक मौत नहीं हुई है

विधायक राजेंद्र राणा और विक्रमादित्य सिंह के एक सवाल के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि प्रदेश सरकार पुलिस कर्मियों की डाइट मनी में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने कहा है कि ऊना जिले में हरोली के भदसाली गांव में हुए गोलीकांड के सभी आरोपियों को गिरफ्तार् कर दिया गया है ऐसे में इस मामले की न्यायिक जांच की जरूरत महसूस नहीं हो रही है वे आज विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा इस संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए मामले के जवाब में बोल रहे थे मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि देवभूमि हिमाचल में गोली चलना चिंता का विषय है और उनके हलके में यह गोली कांड राजनीतिक संरक्षण के चलते हुआ है उन्होंने आरोप लगाया कि सिस्टम की निष्क्रियता के कारण चौकीदार की हत्या हो गई अग्निहोत्री ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग भी मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन से संबंधित विवाद के बाद यह हत्या हुई है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़े सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और हथियार भी बरामद कर दिया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में फारेंसिक विशेषज्ञों द्वारा एकत्र साक्ष्य परीक्षण के लिए भेजे जा रहे हैं और प्राथमिकता के साथ जांच जारी है

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार सभी राज्यों के साथ बेहतरीन तालमेल के साथ चुनौतियों से निपटते हुए जन कल्याण के प्रति समर्पित है अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में विकास कार्यो को जारी रखने व कोरोना आपदा से निपटने में ये राशि मददगार साबित होगी उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का आभार जताया है